राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि पंद्रह फरवरी तक होगी धान की खरीदारी अधिकारियों को सुखे धान खरीदने के दिये निर्देश झारखण्ड में दो हजार से कम हुई कोरोना के सकिय मामलों की संख्या अब तक एक लाख छह हजार से भी अधिक लोग हो चुके हैं स्वस्थ रांची से खुलने वाली आधा दर्जन स्पेशल ट्रेनों की समय सारिणी में किया गया आंशिक बदलाव आज से नये समय से चलेंगी ट्रेने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

किसान हित कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए हमेशा वचनबद्ध है और उनके कल्याण के मुद्दों पर बातचीत के रास्ते सदैव खले हए हैं कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर वाणिज्य मंत्री पीयष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कल किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की श्री तोमर ने चर्चा के दौरान एक विशेषज्ञ समिति बनाने का प्रस्ताव रखा ताकि किसानों के मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाया जा सके

झारखंड में एक दिसंबर से धान खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है श्री उरांव ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पूरी तरह से सुखने पर ही धान की खरीद हो और उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को उनके उपज का समुचित मुल्य दिलाने के लिए प्रयासरत हैं श्री उरांव ने बताया कि वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए धान खरीद की दर एक हजार आठ सौ अड़सठ रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गयी है जबकि राज्य सरकार द्वारा एक सौ बिरासी रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जाएगा इस प्रकार दो हजार पचास रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जाएगी खाद्य आपूर्ति मंत्री ने यह भी कहा कि इस बार धान खरीद के एवज में किसानों को धान की बिक्री के तीन दिन के अंदर ही पचास प्रतिशत राशि का भुगतान सुनिश्चित कर दिया जाएगा शेष राशि भी जल्द ही किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जायेगी झारखंड कोरोना झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानबे दशमलव तीन एक प्रतिशत पहंच गई है और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर एक हजार नौ सौ पैंसठ रह गई है राज्य में कल एक सौ इक्यासी नए संक्रमित मिले इसी के साथ अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख नौ हजार तीन सौ बत्तीस पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल दो सौ सताईस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छट्टी दे दी गई इसी के साथ कोरोना से स्वस्थ होनेवालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख छह हजार तीन सौ अंठानवे पहुंच गई है

एसओपी के अनुसार कंटेनमेंट जोन में बाजार बंद रहेंगे पैंसठ वर्ष से ऊपर आयुवर्ग के लोग गर्भवती महिलाएं और दस साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है इन लोगों को यह भी सलाह दी गई है कि जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलें अन्यथा अपने घरों पर ही रहें जिन जगहों पर बाजार खुले रहेंगे वहां दुकानों को खोलते ही पहले उन्हें सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा दुकानों के प्रवेश द्वार पर सेनिटाइजर रखना भी अनिवार्य होगा एसओपी में दुकानदारों को सलाह दी गई है कि वे दुकानों के अंदर कम से कम छह फूट की दूरी बनाए रखें और इसके लिए फर्श पर निशान लगाएं

को वैक्सीन को हैदराबाद स्थित भारत बॉयोटेक लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है और आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत इसका चिकित्सीय परीक्षण वैदेही मेडिकल साईन्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में होगा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इस संस्थान को को वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दे दी है

पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी इस चर्चा में भाग लेंगे

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

रेलवे ने इस संबंध में संशोधित समय सारिणी जारी कर दी है यह बदलाव तीस दिसंबर तक के लिए है रांची रेल मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि भीड़ को देखते हुए टाइमिंग में आंशिक बदलाव किया गया है आज से सभी ट्रेनें नई समय सारिणी के मुताबिक ही चलेंगी इनमें बिहार बंगाल और यशवंतपुर की ओर जाने वाली सभी ट्रेन शामिल हैं स्पेशल स्टोरी चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम जिले से दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा

खुलासा जमशेदपुर में पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने इनके पास से चोरी के लगभग दस लाख रुपये नगद और गहने बरामद किये हैं जमशेदपुर के एसएसपी एम तमिलवानन ने बताया कि आरोपियों ने चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है

इस मौके पर उपायुक्त छवि रंजन ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से माँल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर में कुपोषित बच्चों की देखभाल प्रणाली में सुधार और रिपोर्टिंग प्रणाली को आसान बनाने में मदद मिलेगी इस अवसर पर श्री छवि रंजन ने बताया कि रांची जिले के चार माँल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर मांडर बेड़ो बुंडू और डोरंडा की रिपोर्ट इस ऐप के माध्यम से मिल सकेगी

मौत पलामू में आज वाहन की छत पर बैठे दो लोगों की हाइटेंशन तार के सपोर्ट वायर की चपेट में आकर दो लोगों की मौत हो गयी घटना परसांवा से बत्तीस किलोमीटर दूर मनातू थाना क्षेत्र के जमुआ पुल के समीप की है बताया जा रहा है कि परसावा से बारातियों को लेकर बस चतरा के इमामगंज जा रही थी

किकेट मैच कैनबरा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज खेले गये तीसरे सीरीज के तीसरे और आखिरी एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तेरह रनों से हरा दिया तीन सौ तीन रनों के जीत का लक्ष्य लेकर खेलने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम उनचास दशमलव तीन ओवरों में दो सौ नवासी रन ही बना सकी और उसके सभी खिलाड़ी आउट हो गये इससे पहले भारत ने पांच विकेट के नुकसान पर तीन सौ दो रन बनाये

कप्तान विराट कोहली ने तिरसठ रन बनाए संक्षिप्त खबरें गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेदा बालू घाट से अवैध रूप से बालू का उठाव कर रहे छह ट्रैक्टर को आज प्रशासन द्वारा जब्त किया गया छापेमारी टीम में एसडीओ जिला खनन पदाधिकारी सीओ समेत कई लोग शामिल थे पाक्ड जिले के महेशप्र थाना क्षेत्र में आज अलकतरा गर्म करने के दौरान ड्रम फटने से छह बच्चे सहित आठ लोग घायल हो गए घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है

चतरा में नई पेंशन योजना के खिलाफ कर्मचारियों ने काला बिल्ला लगाकर आज प्रदर्शन किया इस दौरान कर्मियों द्वारा सरकार के नाम एक ज्ञापन भी उपायुक्त को सौपा गया